गोधन न्याय योजना प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से डेढ़ रूपये प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाएगी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति ने इसकी अनुशंसा कर दी है अब कैबिनेट की बैठक में गोबर की दर का अंतिम निर्णय होगा उप समिति की आज हुई बैठक में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई प्रदेश में गोधन के संरक्षण संवर्धन और वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गोधन न्याय योजना की शुरूआत हरेली त्यौहार से की जाएगी इसके तहत बड़े पैमाने पर वर्मी कम्पोस्ट खाद का उत्पादन किया जाएगा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि गौठान समिति या उसके द्वारा नामित समूह द्वारा घर घर जाकर गोबर का संग्रहण किया जाएगा इसके लिए खरीदी कार्ड की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि रोजाना संग्रहित किए जाने वाले गोबर की मात्रा और भुगतान की राशि का उल्लेख कार्ड में किया जा सके समिति ने किसानों और पशुपालकों से खरीदे गए गोबर के एवज में राशि का भुगतान हर पंद्रह दिन में किए जाने की भी अनुशंसा की है उन्होंने बताया कि शहरी इलाकों में नगरीय प्रशासन विभाग और वन क्षेत्रों में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से गोबर की खरीदी की जाएगी गौठानों में उत्पादित खाद का विक्रय किसानों को निर्धारित मूल्यों पर किया जाएगा आरटीओ जांच चौकी राज्य सरकार ने प्रदेश में परिवहन विभाग की बंद सभी सोलह बैरियर और परिवहन जांच चौकियों को पुनः शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दस अगस्त दो हजार सत्रह को इन परिवहन जांच चौकियों को बंद कर दिया गया था माओवादी आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में आज तीन इनामी सहित नौ माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा जिले में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापस आइये अभियान के तहत दो इनामी सहित सात माओवादियों ने बड़ेगुडरा सीआरपीएफ कैम्प पहुंचकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया इनमें से एक माओवादी पर एक लाख और दूसरे पर दो लाख रूपये का इनाम घोषित था ये सभी माओवादी कटेकल्याण एरिया कमेटी के सदस्य हैं वहीं बीजापुर जिले में भी आज एक महिला सहित दो माओवादियों ने बस्तर रेंज के आईजी सीआरपीएफ के डीआईजी पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया इनमें एक महिला माओवादी और जगरगुंडा बासागुड़ा एरिया कमेटी सदस्य भी शामिल है इन्हें माओवादियों ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कुछ दिनों के लिए संगठन से अलग कर दिया था उधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरैली के गट्टा इलाके में बीती रात पुलिस के साथ हई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है मौके से भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है कोरोना मरीज प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं जानकारी के अनुसार रायपुर जिले में आज करीब सत्ताईस कोरोना पॉजीटिव मरीजों का पता चला है नये मरीजों में पेड क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए होटलों के पांच कर्मचारी सहित गृहणी बैंक मैनेजर निजी बीमा कंपनी और कोचिंग सेंटर के कर्मचारी वाहन चालक दर्जी बावर्ची और स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी शामिल हैं इसी तरह नारायणपुर से आठ दंतेवाड़ा से तीन जगदलपुर और कोरिया जिले से दो दो मरीज मिले हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर तीन हजार एक सौ पांच हो गई है इनमें से छह सौ सत्तर मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है राजनांदगांव जिले के गुरूद्वारा के सामने स्थित सीएमएचओ कार्यालय में अगले सप्ताह कोरोना जांच प्रयोगशाला की शुरूआत की जाएगी प्रयोगशाला निर्माण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में है प्रयोगशाला में दो घंटे के भीतर ही जांच रिपोर्ट मिल जाएगी शुरूआती दौर में रोजाना अस्सी सैंपलों की जांच होगी स्वास्थ्य विभाग ने मोहल्लों और चौक चौराहों में भी सैंपल लेने का काम शुरू कर दिया है लखोली क्षेत्र और राजनांदगांव शहर के माना मंदिर चौक पर शिविर लगाकर सैंपल लिए गए कबीरधाम जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के उपायों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष सावन माह के प्रथम सोमवार को होने वाली भोरमदेव पदयात्रा को स्थगित कर दिया है जेईई नीट केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मेडिकल और इंजीनियरिंग की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई स्थगित कर दी है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है जेईई मेन परीक्षा एक सितंबर से और छह सितंबर के बीच की जाएगी

पीडीएस दुकान कैमरा प्रदेश की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में जल्द ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपभोक्ता मोबाइल पर अपनी राशन दुकानों को देख सकेंगे और राशन द्वकान खुली या बंद होने की जानकारी भी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिला खाद्य अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए बैठक में खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के पचास प्रतिशत से अधिक राशन दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं सभी दुकानों में एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं सीसीटीवी कैमरे से राशन दुकानों में होने वाली गतिविधियों की जानकारी मिलेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी आसानी से हो सकेगी खाद्य मंत्री ने बैठक में सभी पहंचविहीन क्षेत्रों की राशन दुकानों में तीन दिन के भीतर चार माह के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भंडारण करने के निर्देश दिए उन्होंने सभी राशन कार्डधारी परिवार के सदस्यों की आधार सीडिंग जल्द करने को कहा ताकि अगस्त माह में एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना शुरू की जा सके खाद्य मंत्री ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक राशन दुकान और शहरी क्षेत्रों के वार्डो में एक या दो नई राशन दुकान खोलने के लिए जल्द ही प्रस्ताव देने को भी कहा स्पंदन अभियान डीजीपी पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज स्पंदन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पहली और सातवीं बटालियन का अवलोकन किया इस दौरान उन्होंने जवानों और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनसे कहा कि अपनी समस्याओं के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएं श्री अवस्थी ने जवानों का मनोबल और हौसला बढ़ाते हुए उनसे हर परिस्थिति में तनावमुक्त रहने तथा हताश नहीं होने की समझाइश दी पुलिस महानिदेशक ने जवानों की आवास संबंधी मांग पर कहा कि आवास की समस्या को दूर करने के लिए निजी और शासकीय भूमि लेकर आवास का निर्माण किया जाएगा इसके साथ ही श्री अवस्थी ने एसटीएफ की ट्रेनिंग और फायरिंग रेंज का भी जायजा लिया

उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने बौद्ध धर्म को सच्चाई की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा भगवान बुद्ध का ज्ञान तथा शिक्षाएं बौद्धिक उदारता और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारत की परम्परा के अनुरूप हैं उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा पर धम्म चक्र दिवस समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्ध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का विशेष महत्व है उन्होंने कहा कि धम्म चक्र दिवस वाराणसी के निकट सारनाथ में पहले पांच शिष्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रपति ने इसे मानवता के इतिहास में अतुलनीय अवसर बताया उन्होंने कहा कि यह दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व इस समय असाधारण चुनौतियों से जूझ रहा है और इनके अंतिम समाधान केवल भगवान बुद्ध के आदर्शो से ही प्राप्त हो सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं अतीत में प्रासंगिक थीं वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी श्री मोदी ने कहा कि होनहार युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें दया और अनुकंपा का महत्व बताया गुरू पूर्णिमा कल गुरू पूर्णिमा है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि गुरू का किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है गुरू अंधकार से निकालकर उजियारे की ओर ले जाता है उसे मार्गदर्शन देता है वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि भारत में गुरू पूर्णिमा के दिन परम्परागत रूप से गुरूओं के अमूल्य ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है भारतीय संस्कृति में गुरू को सर्वोच्च स्थान दिया गया है हमें गुरूजनों के प्रति सदैव श्रद्वा और सम्मान का भाव रखना चाहिए लूट आरोपी गिरफ्तार रायगढ़ जिले में एसबीआई बैंक के एटीएम में पैसा डालने आए कैश वैन के चालक की हत्या कर करीब साढ़े चौदह लाख रूपये की लूट के फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपियों के पास से लूट की रकम और हथियार भी बरामद किए गए हैं आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की आठ अलग अलग टीमें गठित की गई थीं पूरे जिले को सील कर पचास से अधिक स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों और आने जाने वाले लोगों की जांच की गई केराझर और आसपास के गांवों में दो संदिग्धों के होने की सूचना पर पुलिस टीम ने एक एक घर की तलाशी ली इस दौरान एक घर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया प्रछताछ में दोनों आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट की रकम और हथियार को बरामद कर लिया पुलिस महानिदेशक ने लूट का खुलासा करने वाली पुलिस टीम के जवानों की प्रशंसा करते हुए उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है गौरतलब है कि कल दोपहर कोतरा रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत किरोड़ीमल एसबीआई बैंक के एटीएम में पैसा डालने पहुंची कैश वैन के चालक और सुरक्षा गार्ड पर दो नकाबपोश आरोपियों ने गोली चला दी थी इसके बाद आरोपी बैग में रखे करीब साढ़े चौदह लाख रूपये लूटकर फरार हो गए थे स्वच्छ भारत मिशन समीक्षा पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्यों की समीक्षा के दौरान चालू वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना और आगामी पांच वर्षो के कार्यो की रूपरेखा बनाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं उन्होंने बैठक में गांवों में स्वच्छता व्यवहारों के स्थायित्व पर जोर देते हुए कहा कि लोग स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करें इसके लिए उन्हें लगातार प्रेरित करने की जरूरत है उन्होंने कहा कि गांवों के खुले में शौचमुक्त होने के बाद बेहतर साफ सफाई के लिए अब ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिए म्नगा पौधरोपण प्रदेश में आगामी छह जुलाई को वन विभाग द्वारा मुनगा पौधरोपण का विशेष अभियान चलाया जाएगा इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों आंगनबाड़ी केन्द्रों और छात्रावास आश्रमों में मुनगा के पौधे लगाए जाएंगे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि यह अभियान कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा इसके रोपण से मुनगा की उपलब्धता होगी और हरियाली सहित पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि मुनगा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है यह मल्टी विटामिन से भी भरपूर होता है कांग्रेस बैठक प्रदेश के बाईस जिला मुख्यालयों में कांग्रेस भवन का निर्माण किया जाएगा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बीस अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन निर्माण का भूमिपूजन कराने की तैयारी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने आज रायपुर में जिला और शहर अध्यक्षों के साथ बैठक कर जिला मुख्यालयों में कांग्रेस भवन निर्माण और जिला कांग्रेस कार्यकारिणी के गठन के संबंध में चर्चा की इस दौरान केन्द्र सरकार की गरीब कल्याण योजना से छत्तीसगढ़ को भी जोड़े जाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना ऋण प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों को नगर निगम राजनांदगांव के माध्यम से दस हजार रूपये तक का ब्याज अनुदान ऋण दिया जाएगा नगर निगम ने इसके लिए सर्वे कर लाभार्थियों को चिन्हित कर लिया है ऐसे लगभग ग्यारह सौ शहरी फुटपाथी व्यवसायियों को जल्द ही ऋण मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ऋण पर किसी भी तरह का अनुदान नहीं मिलेगा केवल सात प्रतिशत ब्याज अनुदान शासन द्वारा दिया जाएगा आईसीएमआर निजी प्रयोगशाला भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निजी प्रयोगशालाओं को कोरोना संक्रमण जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा है एनएबीएल चिकित्सा संबंधी परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन करने वाला संगठन है आईसीएमआर के अपर महानिदेशक जीएस ट्टेजा ने अपने पत्र में कहा है कि कई प्रयोगशालाएं पहली बार कोरोना संक्रमण की जांच कर रही है इसलिए यह जरूरी है कि वे एनएबीएल के नियमों का पालन करें और निजी प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित प्रत्यायन प्राप्त करें पत्र में कहा गया है कि आईसीएमआर ने निजी प्रयोशालाओं में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए एनएबीएल की मान्यता प्राप्त करने का अनिवार्य मानदंड तय किया है इनमें वे प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं जिनके पास ट्रूनेट और सीबीनाट माध्यम उपलब्ध हैं मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है साथ ही एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका मध्यप्रदेश के ग्वालियर से लेकर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक शून्य दशमलव नौ किलोमीटर की ऊंचाई तक बनी हुई है इसके अलावा एक चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है मौसम विभाग ने प्रदेश में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज किए जाने की संभावना भी जताई है